कोविड महामारी से देश एकसाथ लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें पीएम संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में द्निया के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की जरूरत पर जोर दिया है वीडियो कांफ्रेंस के जरिए नैसकॉम टैक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम को आज संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप और नवोन्मेषकों से उत्कृष्टता के वैश्विक मानदंड स्थापित करने वाले उत्पादों को बनाने का अन्रोध किया उन्होंने कहा कि टैक्नोलॉजी से नागरिकों का सशक्तिकरण ह्आ है और सरकार के साथ उनका संपर्क स्थापित हआ है लोगों को डिजिटल रूप में सहज जानकारी देने और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक सेवाएं पहंचाने में भी टैक्नोलॉजी प्रभावी रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पूरा विश्व घर की चार दीवारी में सीमित था तब देश का आई टी सैक्टर पहले की तरह ही समर्पण और निष्ठा से काम करता रहा

सचिवालय में अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों की सीएम घोषणाओं की समीक्षा के दौरान म्ख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि उपलब्ध स्थानों का पार्किंग के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाय समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी स्कूलों में फर्नीचर कम्प्यूटर और अन्य आधारभूत स्विधाओं पर विशेष ध्यान देने और राज्य में नये आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को पुलों के निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने के कहा है इसके लिए उन्होंने एक ब्रिज सेल बनाने के निर्देश दिये हैं

महाकंभ सफाई कर्मचारी हरिदवार महाकृंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के वेतन का भ्गतान उनके खातों में किया जाएगा सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष अमिलाल सिंह वाल्मीकि की अध्यक्षता में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में बैठक हई

प्राईवेट शौचालयों की एप के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जायेगी

महोत्सव के द्रसरे दिन ऑडिशन में च्ने गए प्रतिभागियों ने मंच से अपनी प्रस्त्ति दी प्रसिद्ध लोक गायिका मीना राणा ने भी गढ़वाली भाषा में भजन गाकर उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया इसके अलावा साहसिक खेल प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने रेस्क्यू कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि तपोवन टनल के भीतर से पानी को पम्प से निकाला जा रहा है जिससे टनल में आगे से मलबे की निकासी की जा सके तपोवन बैराज साइट पर भी दलदल को साफ करने के लिए पम्प लगाए जा च्के हैं रैणी साइट में भी सर्च आपरेशन लगातार जारी है यहां पर ऋषि गंगा के दूसरी तरफ रैणी चकलाता गांव के नीचे मशीन से मलबा साफ कर लापता लोगों की तलाश की जा रही है साथ ही ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के बैराज और टनल के ऊपरी क्षेत्र में फैले मलबे से भी लापता लोगों की खोजबीन जारी है

जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पायी है उनके डीएनए सैंपल को सुरक्षित रख लिया गया है

वैज्ञानिक बैठक हिमालय में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और पर्यावरण के संरक्षण के सम्बन्ध में गहन अध्ययन करने के लिए विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों की एक संय्क्त कमेटी बनायी जाएगी यह कमेटी राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्त्त करेगी चमोली जिले के ऋषिगंगा और धौलीगंगा में आयी आकस्मिक बाढ़ और आपदा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सदस्य सैय्यद अता हसनैन और राजेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में देशभर के महत्वपूर्ण तकनीकि और अन्संधान संस्थानों के वैज्ञानिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हई बैठक में सभी वैज्ञानिकों ने चमोली जिले में आई प्राकृतिक आपदा और अन्य आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने की रणनीति के साथ ही विकास और पर्यावरण के बीच संत्रलन स्थापित करने के बारे में विचार विमर्श किया बैठक में मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अवगत कराया कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में बनी प्राकृतिक झील को त्ड़वाने के लिए लगातार संत्लित तरीके से काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि क्छ दिन पहले प्राकृतिक झील से केवल एक ओर से पानी की निकासी हो रही थी लेकिन सैटेलाइट के ताजा आंकड़ों के अन्सार अब तीन ओर से झील से पानी की निकासी हो रही है जिससे खतरे की संभावना नहीं है

विजेता बच्चों को जिलाधिकारी रंजना राजग्रु ने प्रशस्ति पत्र और धनराशि देकर सम्मानित किया

लोगों को मतदान और मतदाताओं के अधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है सेना भर्ती रानीखेत में होने वाली सेना भर्ती रैली के लिए चंपावत जिले से भी बड़ी संख्या में य्वा पहंचे हैं इसके लिए जिले के पाटी लोहाघाट चम्पावत और टनकप्र में कोविड जांच केंद्र बनाए गए हैं

परिवहन विभाग रानीखेत जाने के लिए रोडवेज की अतिरिक्त बसों का संचालन कर रहा है जिले के लोहाघाट डिपो के सहायक महाप्रबंधक नरेंद्र क्मार गौतम ने बताया कि रानीखेत भर्ती मेले के लिए आज से ही अतरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है

अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने पर और बसों की व्यवस्था की जाएगी

आठ आवेदन पत्र निरस्त किए गए जिलाधिकारी ने आवेदनकर्ताओं से कहा कि जिस रोजगार के लिए वह आवेदन कर ऋण ले रहे हैं उसी रोजगार के लिए धनराशि खर्च करे